प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीराम मंदिर के शिलान्यास करने के बाद कहा है कि भारत आज नया इतिहास बना रहा है पूरा भारत आज राममय हो चुका है और देश के प्रत्येक व्यक्ति भावुक हो गया है सदियों का इंतजार आज समाप्त हुआ है रामंमदिर के लिये कई पीड़ियों ने संघर्ष किया है वर्षो से प्रतीक्षारत श्रीराम मंदिर का निर्माण शुरू होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बारह बजकर चौवालीस मिनट पर श्भ मुहूर्त में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हनुमान गढ़ी और रामलला के दर्शन किए श्री मोदी रामलला के दर्शन और हनुमान गढ़ी जानेवाले देश पहले प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री ने प्रधानशीला के पूजन के पश्चात अष्टउपशीला का पूजन किया इसके पश्चात कुल देवी के साथ ही सभी देवियों का पूजन किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण दिन है प्रभ् श्रीराम की जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया जिसने महान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बने यह सपना हर भारतवासी अपने मन में वर्षो से संजोये था आज वहां भूमि प्रजन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस राष्ट्रीय संकल्प को फलीभूत किया है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है

पांच लाख रुपये का एक अन्य चेक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को भेजा गया है

यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में निदेशक डॉ एनएन माथुर इस चर्चा में हिस्सा लेंगे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

एक महिना पहले यह दर चौहतर प्रतिशत के आसपास थी राज्य में अबतक चौदह हजार सात सौ साठ कोरोना संक्रमित मिले हैं जिनमें से पांच हजार एक सौ निनयान्वे लोग अबतक स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या आठ हजार सात सौ बियालीस पहुंच गयी है राज्यभर में अबतक कोरोना से एक सौ उनतीस लोगों की मौत हो चुकी है वहीं दूसरी ओर पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्यभर में छह सौ नब्बे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं नये मिले कोरोना संक्रमितों में रांची के अड़सठ पूर्वी सिंहभूम और धनबाद के तिरेपन तिरेपन गोड्डा के तीन सौ पैंतीस खूंटी के अठाइस पाकुड़ के पच्चीस दुमका के बाइस लातेहार के बीस कोडरमा के सत्रह गढ़वा के चौदह सरायकेला के बारह हजारीबाग के दस पश्चिमी सिंहभूम के नौ बोकारो के आठ सिमडेगा के सात लोहरदगा के चार गिरिडीह के तीन और चतरा और गुमला के एक एक मरीज शामिल हैं इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन और पिता तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिव् सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है गोड्डा में दो सौ इक्कानबे नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है गोड्डा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने दो सौ इक्कानबे नए कोरोना मरीज की आज पुष्टि कर दी है यह गोड्डा के लिए बहुत बड़ी संख्या है और सचेत होने के लिए काफी है गोड़डा के सिविल सर्जन ने कहा है कि थायो केयर मुंबई से इनकी जांच रिपोर्ट आई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है गोड्डा जिला के पुलिस सुपरिटेंडेंट वाईएस रमेश ने भी ऐसी सूचना मिलने पर गोड्डा वासियों से सचेत रहने की अपील की है पुलिस अधीक्षक ने गोंड्डा वासियों से मास्क पहनने सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने बिना कारण बाहर नहीं निकलने और स्वस्थ रहने की अपील की है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को आज पेइंग वार्ड से निकालकर रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया पांच दिन पहले ही रांची सिटी एसपी सौरम कुमार द्वारा निरीक्षण के बाद जेल आइजी से शिफ्टिंग के लिए निर्देश मांगा गया था इसके बाद आज जेल अधीक्षक व सदर डीएसपी की उपस्थिति में लालू प्रसाद को निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया जेल प्रशासन के द्वारा लालू प्रसाद को शिफ्ट करने के लिए एम्ब्रेलेंस की व्यवस्था की गई थी पेइंग वार्ड से निकलने के बाद एंब्रेलेंस में बैठाकर केली बंगला ले जाया गया जेल अधीक्षक के अनुसार पेइंग वार्ड में जितने पुलिसकर्मी लालू प्रसाद की सुरक्षा में थे सभी को केली बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है साथ ही कुछ सैप के जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है आवश्यकता होने पर लालू प्रसाद की सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है मंगलवार को सात नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक सौ बीस पहुंच गई है

बुधवार को छह माह बाद निकाले गए अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व में कोर्ट के आदेश पर बनी एपेक्स मेडकिल बोर्ड की जांच में आपकी रिपोर्ट अनफिट है ऐसे में राज्य सरकार का निर्णय सही है इसको लेकर संतोष कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी सिपाही नियुक्ति में गड़बड़ी हुई थी उसके बाद कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था

इसी के खिलाफ निकाले गए लोग झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी उन्होंने सरकार के निकालने के निर्णय को चुनौती दी थी

झरिया थाना के छह और जोड़ा पोखर के दो पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं वहीं दूसरी ओर जिले में पिछले चौबीस घंटे के दौरान सिटी एसपी सहित तिरेपन नये कोरोना संक्रमित मिले हैं जिनमें उपायुक्त आवास के तीन कर्मी भी शामिल हैं जामताड़ा जिले में चरनबद्व कोरोना संक्रमितों की जांच को लेकर टेस्टिंग ड्राइव चलाया जा रहा है आईआरबी पुलिस कैंप झिलुआ में आज कोरोना टेस्टिंग ड्राइव चलाया गया इस दौरान तिरासी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की कोरोना जांच की गई विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ दुर्गेश झा ने बताया कि जांच के दौरान एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है